उन्होंने इस अवसर पर मौजूद जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई और भारत की एकता में सरदार पटेल के योगदान को याद किया उन्होंने विविधता में एकता के महत्व को रेखांकित किया और संकट की स्थिति में लोगों में भाईचारे की भावना की जरूरत बताई

इधर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सरदार वल्लम भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की राज्यपाल ने स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई उधर केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की और लोगों को राष्ट्र की एकता व अखंडता की शपथ दिलाई उन्होंने कहा कि देश को एकजुट रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अमूल्य योगदान रहा है अनुराग ठाकुर ने रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी इांडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी इसमें भाग लिया मंडी के सेरी मंच में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि सरदार वल्लम भाई पटेल भारत को एकसूत्र में पिरोने वाले महानायक थे उन्होंने कहा कि हम सभी को उनके सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता व अखंडता के साथ साथ पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए अपना योगदान देना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक टवीट में इंदिरा गांधी को उनकी पृण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी इंधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्यांजलि अर्पित की प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पृण्यतिथि पर उन्हें पृष्यांजलि अर्पित की और शिमला में एक रक्तदान शिविर भी लगाया सेवादल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा ने रोष्ट्र के प्रति इंदिरा गांधी के योगदान को याद किया कृमि दिवस राष्ट्रीय कुमि मुक्ति दिवस पर कल पहली नवम्बर को प्रदेश के स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को एल्बेंडाजोल व विटामिन ए की दवा खिलाई जाएगी

जनमंच प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण जनमंच कार्यक्रम तीन नवम्बर को विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर हमीरपुर जिले की करौर पंचायत की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेरा में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे ऊना जिले में गगरेट विघानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौक में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज करेंगे उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि इस दौरान क्षेत्र की सलोह जोहो बैरी गनू और अंबोटा सहित दस पंचायतों के लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा

इस अवसर पर कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम की जिम्मेवारी मिलना धर्मशाला और हिमाचल के लिए गौरव का विषय है उन्होंने इन्वेस्टर मीट के प्रारूप के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की इस दौरान सभी अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया

शुभारंभ अवसर पर कहा कि खेलों से व्यक्ति में अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आहवान भी किया ताकि प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके